राज्य सरकार ने प्रतिमाह एक हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए दस प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है सूत्रों ने बताया कि इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से कम है और उनके पास पांच एकड़ तक ही कृषि भूमि है यह आरक्षण मौजूदा पचास प्रतिशत आरक्षण के अलावा होगा इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद पन्द्रह और सोलह में संशोधन करना होगा सरकार इस बारे में कल संसद में संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर भाजपा सहित एनडीए के घटक दलों ने गहरी प्रसन्नता जतायी है भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस कदम से एक पुरानी मांग पूरी हुई है पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय मंत्री मंगल पांडेय और पूर्व सांसद सीपी ठाकुर ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुये कहा है कि इससे गरीब सवर्णों का कल्याण होगा जदयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को काफी लाभ होगा लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी पहले से ही गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग करती रही है इधर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद ने कहा है कि केन्द्र सरकार का यह फैसला पूरी तरह चुनाव को देखते हुये किया गया है वहीं हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस वर्ग को दस की जगह पन्द्रह प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए द्सरी तरफ रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने पहले से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने की मांग की है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगा और नरेन्द्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे आज पटना में लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात पूरी तरह एनडीए के पक्ष में है उन्होंने कहा कि महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यह मुद्दा आपसी बातचीत से सुलझना चाहिए या फिर लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए हालांकि श्री कुमार कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि इसका हल आपसी बातचीत से निकल सकेगा तीन तलाक कानून से जुड़े एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने के बार फिर स्पष्ट किया कि बिना मुस्लिम समाज की सहमति के इस मुद्दे पर कानून नहीं बनाया जाना चाहिए लोकसभा चूनाव में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के सभी घटक दलों की राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर बैठक शुरू हो गयी है बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सहित गठबंधन के अन्य नेता शामिल हैं राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना सरकारी आवास खाली करना होगा पटना उच्च न्यायालय ने आज श्री यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा श्री यादव पटना के पांच देशरत्न मार्ग स्थित उस बंगले में रहते हैं जो उप मुख्यमंत्री के लिए चिन्हित है उन्हें यह बंगला उप मुख्यमंत्री रहते आवंटित किया गया था लेकिन पद से हटने के बाद भी उन्होंने यह बंगला नहीं छोड़ा है इस बीच हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटित करने के सरकार के निर्णय का स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले की कल से सुनवाई होगी प्रदेश में पिछले एक दिसम्बर से चल रही आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल समाप्त हो गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के साथ पटना में आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया श्री पांडेय ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह एक हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार ने मरीजों को अस्पताल तक लाने पर आशा कार्यकर्ताओं को अलग से प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है इसका लाभ नब्बे हजार आशा कर्मियों को मिलेगा महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए उन्हें ये पुरस्कार दो हजार सत्रह अठारह में सराहनीय उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं प्रदेश की सात आंगनबाड़ी सेविकाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिन सेविकाओं को सम्मानित किया गया है उनमें गया के इमामगंज की मनोरमा देवी भोजपुर के बरहरा की अल्पना कुमारी शिवहर के पिपराही की मालती देवी अरवल के रामपुर वैना की विजया और जहानाबाद के मखदुमपुर की मनोरमा देवी शामिल हैं

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज हल्की ब्रंदाबांदी हुई वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में देर रात तेज बारिश के बाद ठंड और कनकनी का प्रभाव बढ़ गया है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भभुआ में सबसे अधिक चार दशमलव दो मिली मीटर जबकि डेहरी में एक दशमलव आठ और मोहनिया में एक दशमलव छह मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आयेगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव दो गया का आठ दशमलव सात भागलप्र का नौ और पूर्णियां का आठ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इधर बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के नउआ गांव में एक महिला की मौत हो गयी वहीं दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में ठंड लगने से एक महिला की मौत की खबर है ठंड को देखते हुये सीतामढी जिला प्रशासन ने पहली से आठवीं तक की कक्षा को बारह जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है वहीं मुजफ्फरपुर में ग्यारह जनवरी तक पांचवीं तक की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी पटना में बर्ड फ्लू नये इलाकों में फैलता जा रहा है आज दीघा स्थित बाटा फैक्ट्री परिसर में दर्जनों कौवों के मरने का मामला प्रकाश में आया है पश्पालन विभाग के वरीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर मृत पक्षियों के नमूने एकत्रित किये इधर मूंगेर में बर्ड फ्लू प्रभावित ढ़ाई हजार से अधिक मूर्गे मूर्गियों को अब तक मारा जा चूका है वहीं जिले में लगभग चार दर्जन कौवे भी मृत पाये गये हैं

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि पिछले पांच सालों के दौरान नवोदय विद्यालयों में चौदह हजार सीट बढ़ाये गये हैं

प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान लगभग एक करोड़ रूपये मूल्य की शराब बरामद की है सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के तरवाम गरपाल गांव के पास से पूलिस ने एक कंटेनर से लगभग सत्तर लाख रुपये मूल्य की चार सौ सत्तासी कार्टन शराब बरामद की है मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया वहीं गोपालगंज जिले में पच्चीस लाख रूपये मूल्य की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है इधर शेखप्रा जिले के मुरारपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर दर्जनों शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ के लिए पटना हाई कोर्ट में आवेदन दिया है आवेदन में कहा गया है कि निदेशालय मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत ब्रजेश ठाकुर और अन्य आरोपियों की सम्पत्तियों की जांच कर रहा है इसलिए उसे ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ की अनुमति दी जाये पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लगभग अठारह लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना सहित लुटेरों को गिरफ्तार किया है लूट की राशि बरामद कर ली गयी है मैथिली दिवस आज पूरे प्रदेश में समारोह पूर्वक मनाया गया इस अवसर पर पटना दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये पटना में मैथिली साहित्य संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विद्वानों ने मिथिलाक्षर और कैथी लिपि के विकास पर चर्चा की

राज्य सरकार ने प्रतिमाह एक हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की